खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत का डेढ़ गुना बढ़ोत्तरी को बताया ऐतिहासिक कदम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार देशवासियों के समावेशी और सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है आज राजस्थान के जयपुर में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद में श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश के सभी हिस्सों तक विकास पहुंचाने के लिए सबका साथ सबका विकास के मूलमंत्र पर चल रही है प्रधानमंत्री ने कहा कि हालिया दिनों में एक अन्तरराष्ट्रीय एजेंसी के सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि पिछले दो सालों के भीतर सरकारी प्रयासों से पांच करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला जा चुका है

इन नदियों में उफान के कारण मुजफ्फरपुर पूर्णियां सुपौल अररिया और सीतामढ़ी जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी फैलने लगा है मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी बोचहा औराई और कटरा प्रखंडों में बांध के अंदर बसे गांवों से लोगों का पलायन शुरू हो गया है पूर्णियां जिले के बायसी अनुमंडल क्षेत्र के बैसा बायसी और अमौर प्रखंडों के कई पंचायतों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गयी है सुपौल जिले के बौराहा सुकुमारपुर सिसवा दुबियाही और किशनपुर गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है सहरसा जिले के सोनबरसा प्रखंड के कई गांव में बाढ़ की आशंका को देखते हुए लोग ऊंचे स्थान की ओर जाने लगे हैं पूर्णियां जिले के अमौर प्रखंड में कनकई नदी का पानी कई गांव में प्रवेश कर गया है जिले के शीशाबाड़ी में डायवर्सन पर लगभग एक फीट पानी भर गया है इसके चलते पूर्णियां से किशनगंज का सड़क सम्पर्क बाधित है अररिया जिले के सिकटी प्रखंड के पूर्वी हिस्सों में नूना नदी का पानी लगभग पांच दर्जन गांव में प्रवेश कर गया है वहीं फारबिसगंज में परमान नदी का पानी कई गांव में घुस गया है सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा में लखनदेई नदी की प्रानी धारा का बांध टूट गया है जिसके चलते पानी मुंहचट्टी समेत अन्य गांव में फैलने लगा है वहीं जिले के भिट्ठामोड़ के पास राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या एक सौ चार के ड्बरबन्ना डायवर्सन पर पानी आने से यद्रपट्टी भिट्ठामोड़ और नेपाल का सड़क सम्पर्क ट्रट गया है समस्तीपुर जिले में करेह नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण बिठान प्रखंड के नरपा गांव में बाढ़ का पानी सड़क मार्ग पर चढ़ गया है इसके कारण नरपा सलहा चंदन सड़क मार्ग पर आवाजाही पूरी तरह बाधित है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार कोसी घाघरा ब्रूढ़ी गंडक बागमती और अधवारा समूह की नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं बागमती नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में खतरे के निशान को पार कर गया है वहीं दरभंगा जिले के कमतौल और एकमी घाट पर अधवारा समूह की नदियों का जलस्तर लाल निशान के आसपास बना हुआ है कोसी नदी सुपौल के बसुआ और खगड़िया जिले के बलतारा में खतरे के निशान को पार कर गयी है बूढ़ी गंडक नदी के जलस्तर में मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और खगड़िया जिले में कई स्थानों पर बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है इधर गंगा नदी के जलस्तर में भी बक्सर पटना और भागलपूर में विभिन्न स्थानों पर बढ़ोतरी देखी जा रही है पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है सबसे अधिक चार सेंटीमीटर बारिश किशनगंज जिले के ठाक्रगंज में दर्ज की गयी केन्द्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि केन्द्र सरकार ने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हित में कई कानूनी प्रावधानों को मजबूत किया है श्री गंगवार आज पटना के बिहटा में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सौ बेड वाले अस्पताल के उद्घाटन के बाद आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने असंगठित क्षेत्र के चालीस करोड़ मजदूरों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को लेकर कई उपाय किये हैं उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के खूल जाने से तीन लाख बीमित सरकारी कर्मियों और उनके बारह लाख आश्रितों के साथ पटना जिले के समान्य लोगों को भी चिकित्सा सुविधा मिलेगी श्री गंगवार ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से अस्पताल को दो सौ तीन सौ और पांच सौ शैय्या वाले अस्पताल में परिवर्तित किया जायेगा

इन परीक्षाओं का संचालन फिलहाल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये परीक्षायें कम्प्यूटर आधारित होंगी और चार से पांच दिन के अंदर संपन्न करा ली जाएंगी छात्रों को परीक्षा तिथि का चयन करने की छूट होगी उन्होंने कहा कि परीक्षाओं की नई प्रणाली ज्यादा सुरक्षित है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगी इसमें प्रश्न पत्र लीक होने का कोई मुद्दा नहीं होगा केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि परीक्षाओं का पाठ्यक्रम प्रश्न पत्रों के प्रारूप भाषा और परीक्षा शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने किसानों को खरीफ फसलों पर लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य देने के फैसले को ऐतिहासिक बताया है आज पटना में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि केन्द्र की एनडीए सरकार ने किसानों से किया अपना वायदा प्ररा कर दिया है उन्होंने कहा कि यह फैसला वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव पर अवैध तरीके से पटना सिटी स्थित दो सौ पचपन डिसमल जमीन केवल बीस हजार रुपये सलाना किराये पर लेने का आरोप लगाया है उन्होंने कहा कि श्री यादव को बताना चाहिए कि इतनी महंगी जमीन उन्हें किसने इतनी कम कीमत पर दी श्री मोदी ने कहा कि इस जमीन पर यार्ड बनाकर तेजस्वी यादव वर्ष दो हजार बारह से जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड के एजेंट के रूप में काम कर रहें हैं सीवान जिले के गुठनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एक चेक पोस्ट के पास वाहन जांच के दौरान पुलिस ने उतराखंड के रूड़की में पदस्थापित सेल्स टैक्स कमिश्नर को शराब के नशे में गिरफ्तार किया है उनके कार से दो बोतल शराब भी बरामद की गयी है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर सांसद पप्पू यादव के नेतृत्व वाली जन अधिकार पार्टी द्वारा आयोजित प्रदेश बंद के दौरान आज कई स्थानों पर झड़प और तोड़ फोड़ हुई

पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम की पुण्यतिथि पर आज उनके पैतक गांव भोजपुर जिले के चंदवा में श्रद्वांजलि सभा का आयोजन किया गया इस अवसर पर लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार ने बाबू जगजीवन राम की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के अकहा गुमटी के पास हथियारबंद अपराधियों ने एक शिक्षक की गोली मार कर हत्या कर दी बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र के राहाटपुर गांव से पुलिस ने कुख्यात अपराधी मुरारी सिंह और कारू सिंह को गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के गंगा ब्रिज थाना क्षेत्र के करणपुरा गांव के पास बिजली की तार के चपेट में आने से एक युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर पुलिस ने सहरसा से पटना जाने वाली राज्यरानी एक्सप्रेस से पच्चीस बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है मौके से तीन दलालों को भी गिरफ्तार किया गया मोतिहारी मंडल कारा में बंद एक कैदी की आज सदर अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत से आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया शेखपुरा जिले में प्लेस ऑफ सेफ्टी केन्द्र से फरार नौ किशोर कैदियों में से दो को पुलिस ने छपरा से पकड़ लिया है

खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लागत का डेढ़ गुना बढ़ोत्तरी को बताया ऐतिहासिक कदम